उद्योग मंत्री की अनुपस्थिति में वन मंत्री गोविंद सिंह ठाक्र ने बताया कि सीएसआर के माध्यम से खर्च की गई राशि का नियंत्रण प्रदेश सरकार के दायरे में नहीं आता है और सरकार इन कंपनियों को सीधे तौर पर प्रदेश में दो प्रतिशत धनराशि खर्च करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती